खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नहीं होगी कमीसही खानापान और कोचिंग समेत हर सुविधा दी जा रही है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गंगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गयास्कूली छात्रों को स्वच्छता और जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया स्लग मुख्य सचिव हेमकुंड प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह आज चमोली स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी पहुंचे मुख्य सचिव घांघरिया से पैदल फूलों की घाटी गए जहां उन्होंने पैदल मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

इस दौरान उन्होंने हेमकृण्ड साहिब के लिए हैलीपैड और रोपवे के लिये जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने भ्यूडांर के ग्रामीणों की घांघरिया को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की मांग पर जिला अधिकारी को कार्रवाई के भी निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने लोगों से घाटी में अधिक निर्माण नहीं करने के साथ ही पैदल मार्ग पर चलते हुए यात्रियों से पर्यावरण की स्वच्छता बनाये रखने की अपील भी की स्लग बालिका निकेतन बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ बालिका निकेतनों में सामने आयी उत्पीड़न की खबरों के बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के बाल गृहों और बाल निकेतनों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है

हालांकि देहरादून जिला बाल कल्याण समिति ने मानसिक रूप से कमजोर बालिकाओं को सामान्य बालिकाओं के साथ रखने पर आपत्ति जतायी है देहरादून के जिलाधिकारी एस ए मुरूगेशन ने भी जिले के बाल गृहों और बाल निकेतनों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया जिलाधिकारी ने बताया कि इस बात के कड़े निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को बाल गृह और बाल निकेतन में प्रवेश न करने दिया जाए उन्होंने कहा कि जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि समन्वय बनाते हुए विभिन्न केंद्रों में मध्यान्ह भोजन योजना और शिक्षण संसाधन उपलब्ध करायें सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी को विशेष रूप से बालिकाओं की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी देते हुए जिलाधिकारी ने इन केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था शौचालय किचन आहार तालिका विश्राम व्यवस्था की भी सुविधायें सुनिश्चित करने को कहा है साथ ही बाल गृहों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी निर्देश दिये गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके

इस योजना से मोमबत्ती या दीयों की मंद रोशनी में रातें गुजारने वाले लोगों को बिजली की सुविधा मिली है मंडलसेरा के भुल्यूड़ा गांव के विनोद इस योजना से काफी खुश हैं यो बताते हैं कि पहले वो मिट्टी तेल के लैंप से ही उजाला करते थे करीब पन्द्रह साल पहले उन्हें जनता कनेक्शन मिला जिसमें एक ही बल्ब की रोशनी मिली लेकिन दो महीने पहले बिजली विभाग ने कनेक्शन देकर घर को रोशन कर दिया अब उनके पास टीवी भी है जो पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का साधन बन चुका है

लाभार्थी निधि देवी का कहना है कि अब उन्हें रसोई में अंधेरे में खाना नहीं बनाना पड़ता है साथ ही रसोई में एग्सहॉस्ट फैन लगने से गर्मी भी कम लगती है निधि देवी लाभार्थी विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे के मुताबिक बीपीएल श्रेणी के परिवारों को योजना का लाभ मुफ्त दिया जा रहा है

इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां इस योजना के तहत सरकार की ओर से हर घर को एक सोलर पैक दिया जाएगा जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा होगा स्लग खेल मंत्री केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में आकाशवाणी से खास बातचीत में देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी जा रही रणनीति के बारे में बताया

गंगा क्विज प्रतियोगिता से पहले स्कूली बच्चों शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वच्छता और जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया साथ ही बच्चों से अपने अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए गंगा में कूड़ा कचरा पॉलीथीन न डालने और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया इस बात पर भी जोर दिया गया कि बची हुई पूजा सामग्री को नदियों में विसर्जित करने की बजाय खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए सभी जनपदों में गंगा क्विज प्रतियोगिता में चुने गये बच्चे देहरादून में आयोजित राज्यस्तरीय परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे

हिमालय संरक्षण को मानव के लिए जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा कि हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की परिकल्पना बिना हिमालय के नहीं हो सकती है हिमालय अपनी नदियों और जलवायु से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोता है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र का नवीनतम राज्य है जहां चारधाम स्थित हैं साथ ही यहां की मनोरम वादियां और प्राकृतिक संसाधन पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध कराते हैं श्री रावत ने कहा कि अधिकांश खाद्यान्न और पानी की आपूर्ति हिमालय से ही प्राप्त होती है इसलिए हिमालय के संरक्षण के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है स्लग गौ राष्ट्रमाता देहरादून के परेड मैदान में गौराष्ट्र माता प्रतिष्ठा महासंकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया गौ भक्तों के इस कार्यक्रम में पांच बिन्दुओं पर सरकार और जनता से सहयोग मांगा गया है जिसमें किसानों को गोबर का उचित मूल्य देना और उस गोबर का उपयोग खाद गैस और वाहनों के लिये किया जाना शामिल है इसके अलावा भारतीय गौ क्रांतिमंच के गोपाल मणि महाराज ने गायों के लिये आदर्श गौशाला की व्यवस्था किये जाने और गौ चरान भूमि की व्यवस्था करने की मांग भी की